आज नाम वापसी के अंतिम दिन तक इन अट्ठारह सीटों पर कुल अड़तीस उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए इस तरह प्रथम चरण में अब कुल एक सौ बयानवे उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं सबसे अधिक तीस उम्मीदवार राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहीं सबसे कम पांच पांच उम्मीदवार कोंडागांव और बस्तर सीट से है राजनांदगांव जिले में सोलह उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है इनमें राजनांदगांव सीट से नौ डोंगरगांव और खैरागढ़ से दो दो तथा डोंगरगढ़ से एक उम्मीदवार चुनाव मैदान से हट गए हैं वहीं बीजापुर से निर्दलीय उम्मीदवार राजाराम तोड़ेम ने अपना नाम वापस ले लिया है गौरतलब है कि भाजपा ने श्री तोड़ेम का निलंबन खत्म कर दिया है दूसरी ओर इसी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता और निर्दलीय उम्मीदवार विश्राम गावड़े ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है श्री गावड़े ने कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था इस क्षेत्र से अब सात प्रत्याशी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे वहीं दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार छविन्द्र कर्मा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है इसी सीट से छविन्द्र कर्मा की मां देवती कर्मा कांग्रेस प्रत्याशी घोषित की गई हैं इस तरह दंतेवाड़ा सीट से कुल छह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं कांकेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों से आठ उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया है अंतागढ़ और भानुप्रतापपुर से तीन तीन और कांकेर से दो लोगों ने नाम वापस लिया इस तरह अब अंतागढ़ से ग्यारह भानुप्रतापपुर से सात और कांकेर से छह उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं

इस प्रकार अब इस विधानसभा क्षेत्र में सात उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं उधर केशकाल विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार चिंताराम नेताम की नाम वापसी के बाद आठ उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं वहीं बस्तर जिले की तीन विधानसभा सीटों से आठ उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए हैं इसके बाद अब जगदलपुर से इक्कीस चित्रकोट से सात और बस्तर से पांच उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं वहीं सुकमा जिले के एकमात्र विधानसभा क्षेत्र कोंटा से किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया इस तरह से नामांकन भरने वाले सभी छह प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं इससे पहले पहले चरण की अट्ठारह सीटों के लिए बीती चौबीस तारीख को नामांकन पत्रों की जांच की गई थी जांच के बाद दो सौ इकतीस उम्मीदवार विधिमान्य घोषित किए गए थे वर्ष दो हजार तेरह में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में इन अट्ठारह सीटों से एक सौ तैंतालीस उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे दूसरा चरण अधिसूचना प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है इसके साथ ही दूसरे चरण में राज्य की जिन बहत्तर सीटों पर चुनाव होना है वहां नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है आज पहले दिन इनमें से अनेक विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र प्राप्त किए दूसरे चरण के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि दो नवंबर है नामांकन पत्रों की जांच तीन नवंबर को होगी वहीं पांच नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे

गौरतलब है कि राज्य में दो चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं पहले चरण में अट्ठारह विधानसभा क्षेत्रों के लिए बारह नवंबर को मतदान होगा राज्य में दोनों चरणों के चुनाव की मतगणना ग्यारह दिसम्बर को होगी मतदाता जागरूकता अभियान राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए एक ओर जहां शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक लोक नृत्य और गीतों के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ऐसा ही एक नजारा कबीरधाम जिले के बैगा आदिवासी बहुल पंडरिया विकासखंड के बदना गांव में देखने को मिला सुदूर और दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित इस ग्राम पंचायत में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता का संदेश रोचक ढंग से दिया गया यहां पारंपरिक लोकगीत सुआ और बैगा नृत्य के जरिये मतदाताओं से मतदान की अपील की गई इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और महिला स्व सहायता समूह ने सक्रिय भागीदारी निभाई

भारत निर्वाचन आयोग की कल इस संबंध में नई दिल्ली में एक बैठक हुई इसमें विधानसभा निर्वाचन के दौरान माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत की अध्यक्षता में हई इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू भी शामिल हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री साहू ने बताया कि बैठक में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में पहले चरण के निर्वाचन वाले अट्ठारह विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा हुई बस्तर संभाग और राजनांदगांव जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में मतदाता निर्भय होकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें इसके लिए वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों की तैनाती मतदान दलों के आवागमन मतदान केन्द्रों की सुरक्षा और मतदाता जागरूकता संबंधी अनेक विषयों पर बैठक में विचार विमर्श हुआ श्री साहू ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों में मतदान दल को लाने ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जा रही है बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओप रावत ने पहले चरण के मतदान वाले सभी आठ जिलों के कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों पुलिस अधीक्षकों तथा संबंधित रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की उन्होंने सुगम सुध्यर और समावेशी निर्वाचन के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए

प्रतियोगी अब इस स्पर्धा में आगामी सात नवम्बर तक शामिल हो सकेंगे प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आवश्यक नियम और शर्तें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं छत्तीसगढ़ वोट्स प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी अपने सोशल मीडिया पेज में एक निर्धारित सीमा तक लाईक्स प्राप्त करेगा उसे प्रमाण पत्र के साथ पांच सौ से लेकर पचास हजार रूपए तक का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा इसमें पेंटिंग स्केच फोटो और स्लोगन राइटिंग कैटेगरी रखी गई है जिसके लिए सात विषय भी दिए गए हैं इसके लिए एथिकल वोटिंग मतदाता जागरूकता मेरा वोट मेरा अधिकार सुगम निर्वाचन मतदान क्यों महत्वपूर्ण है कोई मतदान न छूटे और मतदान लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय निर्धारित किए गए हैं इसमें भाग लेने के लिए दिए गए विषयों पर प्रतिभागियों को अपने फेसबुक से पोस्ट करना होगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा मतदान के लिए प्रेरित करने और युवा मतदाताओं की रचनात्मकता के जरिए वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह अभियान बीते एक अगस्त से शुरू किया गया है प्रदेश में सुगम सुध्यर और समावेशी निर्वाचन सुनिश्चित करने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत यह पहल की जा रही है कांग्रेस प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी आज सीबीआई मामले को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी कांग्रेसजनों ने प्रर्दशन किया वीआईपी रोड स्थित सीबीआई कार्यालय के पास प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत सत्यनारायण शर्मा और धनेंद्र साहू सहित कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एक महिला माओवादी को गिरफ्तार किया है पुलिस के अनुसार यह जनमिलिशिया प्लाटून सदस्य है इस माओवादी पर कई वारदातों में शामिल रहने का आरोप है इसके पास से एक बम जिंदा कारंतूस और सरिया बरामद किया गया है कुआंकोंडा और अरनपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस माओवादी को पकड़ा गया

राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में पारिवारिक विवाद के चलते एक किशोरी युवती और उसके पिता ने खुदकुशी कर ली है गरियाबंद जिले में मालवाहक गाड़ी की चपेट में आने से दो वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई